झारखंड विकास मोर्चा का कल औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित समारोह में झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष रहे बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया इस मौके पर श्री शाह ने कहा बाबूलाल मरांडी की भाजपा में पुनर्वापसी से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा भाजपा नेतृत्व उन्हें जो भी जिम्मेवारी देगी उसका वे ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है रक्षामंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के विचार का समर्थन किया है और वर्ष दो हजार अठारह में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नीति में बदलाव की घोषणा की थी उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों में स्त्री शक्ति को मजबूत करने के लिए काम कर रही है राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने दो हजार उन्नीस में भी भारतीय सेना की सभी दस कोर सिग्नल्स इंटेलिजेंस एविएशन इंजीनियरिंग सर्विस और ऑर्डनेंस कोर में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया था इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कल केन्द्र को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है न्यायालय ने कहा कि उन्हें कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा सरकार की महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के आज पांच वर्ष पूरे हो रहे हैं देश में हर खेत की पोषक स्थिति का आकलन करने के लिए दो हजार पंद्रह में यह योजना शुरू की गई थी इस योजना का उद्देश्य किसानों को हर दो वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है पहले चरण में किसानों को दस करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए दूसरे चरण में देशभर के किसानों को ग्यारह करोड़ से अधिक कार्ड दिए गए हैं छब्बीस नवंबर दो हजार सत्रह को मन की बात कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे यह देखकर बहुत खुश हैं कि किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिए गए सुझावों को लागू करने के प्रति सचेत हैं और किसानों ने माना है कि उचित उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी की देखभाल करना आवश्यक है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए गुमला जिले में सोइल हेल्थ कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है

न्यायालय का ये भी मानना है कि इसके लिए सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्व किया जाना चिंता का विषय है क्योंकि इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मौलिक अधिकारों को लेकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में दो महीने से भी ज्यादा समय से शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह बात कही न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति से ही चलता है लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं मामले की अगली सुनवाई चौबीस फरवरी को होगी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के बुरुगुलीकेरा में सात लोगों के नरसंहार की घटना पर चिंता जतायी है उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर भाजपा सांसदों की ओर से जांच रिपोर्ट उन्हें साँपी गयी है उन्होंने कहा है अपने जीवन में ऐसी नृशंस हत्या नहीं देखी

जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खूंटी मुरहू और तोरपा थाना की टीम बनाकर अभियान चलाया और तीन घण्टे के भीतर लोहरदगा पुलिस के सहयोग से अपहृत गुमला निवासी पत्रकार देवगन सोनी को सकुशल बरामद कर लिया पुलिस ने अपहरण मामले में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है साथ ही एक बाइक और तीन मोबाइल भी जब्त किया गया है

झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित अंतर जिला अंडर नाइनटिन एलिट ग्रुप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल बोकारो में खेला गया मुकाबले में जमषेदपुर की टीम ने धनबाद को उनतीस रनों से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जमषेपुर की टीम ने निर्धारित पैंतालीस ओवर में छह विकेट के नुकसान पर दो सौ रन बनाये